हादसा शाम साढ़े सांत बजे के आस पास हुआ बचाव कार्य के लिए त्रंत राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम लगाई गई घायलों को निकट के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है महाराष्ट्र सरकार ने दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने बताया कि अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं

फिलहाल इस पर मामूली मरम्मत का कार्य चल रहा है राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को पांच लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है घायलों को सभी आवश्यक उपचार के लिए पचास पचास हजार रुपए दिए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है

पिछले चुनाव से और अधिक बेहतर कार्य इस लोकसभा चुनाव में करके दिखाना है

आयोग के निर्देशों का पालन तीव्र गति से किया गया श्री पाठक ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की थीम भारत के महापर्व इस त्यौहार में कोई भी मतदाता न छूटे रखी है दिव्यांगजन अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें इस उद्देश्य से मतदान कोन्द्रों पर मतदान सामग्री सहित कई व्यवस्थाएँ आयोग द्वारा की गयी हैं आयोग रेडियो टेलीविजन कम्यूनिटी रेडियो फेसब्क जैसे विभिन्न माध्यम से दिव्यांगजन को मतदान करने के लिये प्रेरित करने के कार्यक्रम चला रहा है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों को अनुमतियां प्रदान करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के मद्देनजर किसी भी कार्य की अनुमति लेने के लिये राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को पहले आओ पहले पाओ की सुविधा दी है इसके तहत जो पहले ऑनलाइन आवेदन करेगा उसे पहले अनुमति दी जायेगी इसके लिये सुविधा एप पर तय समय के पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा निर्वाचन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिये आम सभायें रैली वाहनों के अधिग्रहण की जानकारी सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान भी ऑनलाइन किया जायेगा चुनाव आयोग के विशेष साफ्टवेयर के द्वारा चुनाव में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निगरानी की जायेगी वाहनों के अधिग्रहण करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की गई है

इस दौरान श्रीमती पटेल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण महिला सशक्तिकरण दलितोत्थान जैसे सम सामयिक विषयों एवं समस्याओं को अध्ययन एवं अनुसंधान में शामिल करने से समाज को फायदा होगा राज्यपाल ने पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी श्रीमती पटेल ने कहा कि वे दीक्षांत को शिक्षा का अंत नहीं समझें उन्हें अपने अंदर की ज्ञान अर्जन की अभिलाषा को सदैव जीवन्त बनाये रखते हए समाज को अशिक्षा अंध विश्वास गरीबी हिंसा भेदभाव से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते रहना होगा राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा क्षय रोग से पीड़ित बच्चों को गोद लेने तथा स्वस्थ होने तक उनके पोषण एवं देख रेख की जिम्मेदारी संभालने के प्रयासों की सराहना भी की उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में व्यापक वृक्षारोपण की अपील की

भगोरिया हाट मे आये ग्रामीणो को बताया गया कि मतदान प्रकोष्ठ मे प्रवेश करते समय पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट को वोट डालने के लिए तैयार करेंगे बैलेट यूनिट मे अपने पसंद के प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने वाले नीले बटन को दबाना होगा जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उसके नाम चुनाव चिन्ह के सामने वाली लाइट लाल जलेगी प्रिंटर एक बैलेट पर्ची प्रिंट करेगा जिसमें पसंद के प्रत्याशी के सरल क्रमांक नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होगा बैलेट पर्ची सात सेकण्ड के लिए दिखेगी उसके बाद कट कर प्रिंटर के ड्राप बाक्स मे गिर जाएगी और एक बीप की आवाज सुनाई देगी प्रिंट पर्ची को ग्लास मे से देखा जा सकता है बैलेट पर्ची नही दिखने एवं बीप की आवाज नही आने पर पीठासीन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है

पिछले चौबीस घण्टों के दौरान शहडोल जबलपुर भोपाल और रीवा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हई इस दौरान परसवाड़ा मण्डला और लखनादौन में दो सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई उमरिया में एक एक सेण्टीमीटर बारिश हुई भोपाल में भी कल शाम कुछ क्षेत्रों में हल्की ब्रंदाबांदी हई जिससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई हालांकि बादलों की लुकाछुपी के बीच दिन में उमस महसूस की जा रही है

मौसम विभाग ने आज रीवा सागर शहडोल जबलपुर एवं चंबल संभाग और ग्वालियर दतिया विदिशा रायसेन होशंगाबाद और बैतूल जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है